प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आजादी के बाद काफी समय तक सत्ता में रहने के बावजूद गांवों में बिजली न पहुंचाने के लिए कांग्रेस के नेतृत्व वाली यू पी ए सरकार की आलोचना की है वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये आज दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और सौभाग्य योजना के लाभार्थियों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार न केवल विद्युतीकरण पर ध्यान दे रही है बल्कि पूरे देश में बिजली वितरण प्रणाली में सुधार कर रही है इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली सप्लाई से संबंधित सभी पहलुओं को शामिल किया गया है इस योजना में गांवों बस्तियों के इलेक्ट्रीफिकेशन के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मजबूत करने और किसानों को बिजली सप्लाई के लिए अलग केडर की व्यवस्था को भी आरंभ कर दिया है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज मेरठ में भी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सौभाग्य योजना के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया प्रधानमंत्री ने योजना के लाभार्थियों को पूरे देष में बिजली की स्थिति के बारे में बताया और सरकार द्वारा दूर दराज के गांवों तक बिजली पहुंचाने के प्रयास की जानकारी दी वीडियो कांफ्रेंसिंग के बाद लाभार्थियों ने बताया कि उनके घरों में बिजली नहीं होने की वजह से उन्हें काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता था लाभार्थियों ने बिजली का कनेक्षन देने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति आभार व्यक्त किया गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश के कई हिस्सों में भीड़ द्वारा लोगों को पीट पीटकर मार डालने की घटनाएं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और चिंता का विषय है लोकसभा में कांग्रेस सदस्य केसी वेणुगोपाल की बात का जवाब देते हुए श्री सिंह ने इन घटनाओं की कड़ी निंदा की और कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर झूठी खबरों के कारण ऐसी हिंसक घटनाएं हो रही हैं इस प्रकार की मॉब लिचिंग की जो घटनाएं होती है अफवाहों के आधार पर होती है संदेहापद के आधार पर होती है अनवेरीफाई जो फेक न्यूज होती है उनके कारण भी इस प्रकार की घटनाएं होती है लेकिन राज्य सरकारों की यह जिम्मेदारी बनती है कि राज्य सरकार की इस सरकार की जो भी घटनाएं होती हैं उस पर जो प्रभावी वह कार्यवाही करे श्री राजनाथ सिंह ने कहा कानून और व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है गृहमंत्री ने कहा कि जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं तो वे संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर उन्हें कड़ी कार्रवाई करने को कहते हैं राज्यसभा में आज सदस्यों ने देश में भीड़ द्वारा पीट पीट कर हत्या किये जाने की घटनाओं पर चिन्ता व्यक्त की उन्होंने इस मुद्दे पर बहस करने की मांग की शून्यकाल में यह मुद्दा उठाते हुए सदस्यों ने आरोप लगाया कि इस काम के लिए सोशल मीडिया का दुरूपयोग किया जा रहा है

तृणमूल कांग्रेस के सुखेन्द शेखर रे ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने भी ऐसी घटनाओं की आलोचना की है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के डी राजा ने आरोप लगाया कि देश में मुसलमानों और दलितों को निशाना बनाया जा रहा है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कल हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में दस प्रतिशत चीनी की रिकवरी वाले गन्ने की कीमत में वृद्वि करने को मंजूरी दे दी गई

गौतमबुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा में दो बहुमंजिली इमारतों के धराषायी हो जाने के मामले में अब तक पांच लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है इनमें जमीन का मालिक और भवन निर्माता षामिल है मलबे से दो महिलाओं और एक बच्ची सहित नौ षव निकाले जा चुके हैं राहत और बचाव कार्य में लगे राश्ट्रीय आपदा मोचन बल के कमांडेंड पीकेश्रीवास्तव ने हमारे संवाददाता को बताया है कि बचाव अभियान कल सुबह तक जारी रहेगा उन्होंने बताया कि मलबे से लोगों की तलाष जारी है इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के दो अधिकारियों को निलम्बित कर दिया गया है और विषेश कार्याधिकारी का स्थानान्तरण कर दिया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों को दो दो लाख रूपये की आर्थिक सहायता दिये जाने की घोशणा की है उन्होंने इस मामले की विस्तृत जांच मेरठ मंडल के आयुक्त को करने के निर्देष दिये हैं गाजियाबाद के जिलाधिकारी ने घटना की मजिस्ट्रेटी जांच जिले के अपर जिलाधिकारी कुमार विनीत को सौंपी है और उन्हें पन्द्रह दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है राज्य के पुलिस महानिदेषक ओपी सिंह ने कहा है कि सोषल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट और वीडियो के माध्यम से साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले षरारती तत्वों पर कार्रवाई करने के लिए प्रदेष सरकार सोषल मीडिया का ही सहारा लेगी लखनऊ में पत्रकारों को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने बताया कि भ्रामक संदेष और वीडियो के माध्यम से सामाजिक वैमनस्य फैलाने वाले षरारती तत्वों पर नकेल कसने के लिए केन्द्र सरकार के निर्देष पर राज्य के सभी एक हजार चारसौ उन्हत्तर पुलिस थानों पर वाट्सऐप ग्रुप के माध्यम से डिजीटल वालंटियर्स बनाने का निर्णय लिया गया है उन्होंने बताया कि वालंटियर्स में षिक्षक छात्र नेता वकील आषाबह एएनएम कोटेदार व्यवसायी सेवा निवृत्त सैनिक सामाजिक संगठन चिकित्सकों के अलावा पुजारियों और मौलवियों को षामिल किया जायेगा हर थाने का वाट्सऐप ग्रप जिला मुख्यालय के वाट्सऐप ग्रप से जुड़ा रहेगा जबकि जिला मुख्यालय के वाट्सऐप पुलिस महानिदेषक मुख्यालय से जोड़े जायेंगे पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में गठित कमेटी ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित करेंगी जो प्रभावषाली रूप से षांति व्यवस्था कायम करने में सहयोग देंगे और सोषल मीडिया में सक्रिय होंगे केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने महिलाओं किन्नरों और दिव्यांग जनों सहित कुछ श्रेणी के कैदियों की सजा माफ करने की एक योजना को मंजूरी दे दी है इसके तहत निर्धारित मानकों को पूरा करने पर इन कैदियों को रिहा किया जा सकेगा इस सजा माफी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती से जोड़ा गया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कल नई दिल्ली में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया

इस योजना के तहत गंभीर रूप से बीमार कैदियों पर भी विचार किया जायेगा हालांकि यह योजना कुछ शर्तों के अधीन होगी और हत्या आतंकवादी गतिविधियों फिरौती के लिए अपहरण दुष्कर्म दहेज हत्या और मानव तस्करी के दोषी कैदियों को इसका लाम नहीं दिया जायेगा कैदियों को इस साल दो अक्तूबर से तीन चरणों में रिहा किया जायेगा प्रदेष अल्पसंख्यक आयोग के एक दल ने आज बरेली पहंच कर निदा खान से मुलाकात की निदा खान को एक फतवा जारी कर इस्लाम से खारिज कर दिया गया है अल्पसंख्यक आयोग ने निदा खान से उनका पक्ष सुना

उन्होंने कहा कि अगर फतवा जारी करने वाले मौलाना दोशी पाये गये तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व सांसद राज नारायण पासी के निधन पर दुःख व्यक्त किया है उन्होंने दिवंगत आत्मा की षांति की कामना करते हुए षोक संतृत्य परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है